इस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बहजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही देश के कई दिग्गज कारोबारियों के शामिल होने की उम्मीद है इससे पहले कल कमलनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर विधिवत तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया इस दौरान राज्यपाल ने श्री नाथ को बधाई देते हुए प्रदेश को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का आमंत्रण उन्हें सौंपा शपथ ग्रहण से पहले कल मीडिया से बात करते हुए श्री नाथ ने किसानों की कर्ज माफी का वादा एक बार फिर से दोहराया

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच के लिए उनकी सरकार जन आयोग का गठन करेगी उन्होंने कहा कि किसी दुर्भावना के मकसद से नहीं बल्कि घोटालों को सामने लाने के लिए यह आयोग बनाया जायेगा प्रतिभा पर्व प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जारी प्रतिभा पर्व का आज अंतिम दिन है आज विद्यालयों में आनंद महोत्सव के तहत वार्षिक उत्सव के लिये शिक्षक और अभिभावकों के उपस्थिति में विशेष बालसभा आयोजित की जायेगी जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक खेल कृद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा विद्यार्थियों के दक्षता आंकलन करने और शैक्षिणक सुधार के मकसद से आयोजित किये जा रहे इस तीन दिवसीय आयोजन में पहले दो दिन विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया

इन सभी अधिकारियों को पहले ही उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है

इस दौरान भोपाल से पहुंचें अरूण भार्गव ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

कुलपति नियुक्ति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो आशा शुक्ला को मह स्थित डॉ बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है प्रो आशा शुक्ला की नियुक्ति कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की होगी फोटो निर्वाचक नामावली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्यारण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल लोकसभा में बताया कि गुटका जैसे तंबाकू और निकोटीन वाले खाद्य उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिबंध लगा हुआ है

सुश्री अनुप्रिया ने बताया कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर भी रोक लगी हई है अनुभूति केम्प वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में प्रकृति वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये इस वर्ष भी आज से अनुभूति कैम्प का आयोजन किया जा रहा है

चयनित छात्र छात्राओं को केम्प के दौरान पार्क भ्रमण और प्रकृति पथ भ्रमण के माध्यम से वन वन्य प्राणियों पक्षियों और पेड़ पौधों की प्रकृति नाम व्यवहार और उपयोगिता की जानकारी दी जायेगी

समारोह की तैयारियों के सिलसिले में कल संभाग आयुक्त बीएम शर्मा ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली श्री शर्मा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि तानसेन समारोह की सभी व्यवस्थायें उच्च कोटि की और समारोह की गरिमा के अनुरूप हों मौसम पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर प्रदेश के मौसम पर दिखना शुरू हो गया है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में कमी आई है सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जा रहा है जहां घना कोहरा पड़ने लगा है जिसकी वजह से ट्रेन यातायात पर असर पड़ा है इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने चकवात के कारण प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ब्रंदाबादी भी हई है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कृछ दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी है भोपाल इन्दौर सहित प्रदेश में कल कई जगहों पर इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा

वहीं ठंड की वजह से मुरैना जिले के स्कूलों का समय परिवर्तित किया गया है